भारत और चीन के कोर कमांडरों की बैठक में हुई सहमति के अनुसार गलवान घाटी में चीन की सेना पीछे हटने लगी है

हमारे संवाददाता ने बताया कि चीनी सेना के वाहनों की वापसी जनरल एरिया गलवान हॉटस्प्रिंग और गोगरा म देखी गई

सरकारी सूत्रों ने आकाशवाणी को बताया कि यह कार्य जारी है केन्द्र सरकार ने सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए आज से केन्द्र संरक्षित सभी स्मारक स्थल खोलने का फैसला किया है पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि केवल उन्हीं स्मारकों और संग्रहालयों को खोला जायेगा जो कोरोना नियंत्रण क्षेत्र में नहीं हैं उन्होंने कहा कि केन्द्र संरक्षित सभी स्मारकों और पर्यटन स्थलों को साफ सफाई सुरक्षित दूरी बनाये रखने और स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी अन्य नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा

इन स्मारकों में प्रवेश के लिए टिकट केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी किए जाएंगे इन स्मारकों में प्रवेश करने से पहले दर्शकों का तापमान मापा जाएगा

इन स्मारकों में आने वाले लोगों को केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा वहीं आगरा में स्थित विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल आज से पर्यटकों के लिये नहीं खुल सका आगरा में बढ़ती हुई कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने कल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया बफर जोन में होने के कारण ताजमहल सहित अन्य स्मारकों को अभी नहीं खोला जायेगा

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर कई विकसित देशों से ज्यादा है

ये शायद दुनिया के अन्दर सबसे ज्यादा है मेरे ख्याल से अभी इस रिकवरी रेट के आसपास केवल जो है एशिया है बाकी सब दुनिया के सब विकसित देश हमारे रिकवरी रेट से पीछे हैं दुनिया में सबसे बेहतर रिकवरी रेट और सबसे कम फैटेलिटी रेट फेटेलिटी रेट भी हमारा जो मृत्यु दर है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है

बाकी जो हैं उसमें से अधिकांश लोग भी रिकवरी पर हैं मुझे पूरा विश्वारस है कि आने वाले समय में हम कोरोना के उपर निर्णायक विजय है वो निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे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

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है श्री नायड् ने कहा कि महान देश भक्त और शिक्षाविद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता संरक्षित रखने और भारत में जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के लिए अथक प्रयास किया प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की प्रगति में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अनुकरणीय योगदान रहा है

श्री शाह ने कहा कि कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाये रखने और देश की एकता और अखंडता के लिए उनका समर्पण और बलिदान देशवासियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा श्री जावडेकर ने कहा कि महान राष्ट्रवादी नेता ने अपना पूरा जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित किया

श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक राष्ट्र भक्त देश भक्त शिक्षाविद प्रखर राजनेता और प्रखर सांसद के रूप में हम सब लोग जानते हैं

इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ पर पांच पौधारोपण करने के अभियान के क्रम में मुख्यमंत्री ने गोरखपुर मंदिर परिसर में पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनता को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गोरखपुर के पुलिस थानों को दो पहिया वाहन प्रदान किये

आज पवित्र श्रावण मास के पहले सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान भोले की पूजा अर्चना कर रहे हैं

मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ श्रद्धालुओं ने पुजन अर्चन किया महादेव की नगरी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें लगी है और यहां सुरक्षा कर्मी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं कोरोना के चलते यहां हर बार की तरह भक्तों का सैलाब नहीं दिखाई पड़ा राज्य में सभी धार्मिक स्थलों पर थर्मल स्कैनिंग के बाद श्रद्धालुओं को मंदिरों में प्रवेश मिल रहा है और मंदिर के अन्दर एकबार में पांच लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है किसी को भी विग्रह को छूने की मनाही है प्रसाद और फूल मालाओं पर पूर्णता प्रतिबंध लगाया गया है जगह जगह हाथ धोने और सैनिटाइज करने की व्यवस्था की गई है कानपुर में विगत सप्ताह आठ पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले में फरार चल रहे अपराधी विकास दुबे पर पुलिस ने ईनाम की धनराशि बढ़ाकर ढाई लाख रूपये कर दी है

उधर कानपुर के थाना चौबेपुर के अन्तर्गत बिकरू गांव में हुए इस हत्याकाण्ड के मामले में कार्य में शिथिलता बरतने को लेकर तीन पुलिसकर्मियों को निलम्बित किया गया है पुलिस महानिरीक्षक कानपुर मोहित अग्रवाल ने बताया कि इन पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली सन्देहजनक पाई गई

गौरतलब है कि अपराधी विकास दुबे के घर पर दबिश देने गई पुलिस टीम पर हुए हमले में एक क्षेत्राधिकारी तीन उपनिरीक्षकों और चार सिपाहियों की मौत हुई थी ऐसा माना जाता है कि अपराधियों को पुलिस दबिश की सूचना पहले मिल जाने के चलते उन्होंने पुलिस टीम पर घात लगाकर हमला किया था समाप्त